प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान ये बात कही उन्होंने संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरूस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की नरेन्द्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली अभिनेता मिलिंद सोमन फूटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ध्यान व्यायाम सैर दौड स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा मनाली में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों से जुडी स्कीईग व पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों की सम्भावना है जिन्हें जल्द मूर्त रूप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इन खेलों से युवा शक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और ऐसे आयोजनों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लीक से हटकर कार्य करने की जरूरत है ताकि पर्यटकों को प्रदेश में ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए आकर्षित किया जा सके शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया है अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सुरेश अंगड़ी को उनकी निस्वार्थ सेवा व समाज के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरेश अंगड़ी समाज के गरीब व शोषित वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे राजिन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने मुद्रण व लेखन के कार्य को सतर्कता और गुणवत्ता के साथ करने पर बल दिया है शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार विभिन्न विभागों विश्वविद्यालयों और बोर्डो की स्टेशनरी की आवश्यकताओं की आपूर्ति समय पर करने के निर्देश दिए राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है

शुक्ला ने पार्टी कार्यकताओं से एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी संसद में पारित कृषि बिलों को उन्होंने संसद की गरिमा का पूरी तरह से हनन बताया इससे पूर्व सोलन पहुंचने पर पार्टी कार्यकताओं ने उनका भव्य स्वागत किया सैजल जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए योगेश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की उपस्थिति में हुए इन चुनावों में यशपाल ठाकुर को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया इस मौके पर सैजल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के क्शल नेतृत्व में ये बैंक नई उंचाईयों को प्राप्त करेगा